इस दौरान प्रश्नकाल के साथ ही मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सप्ताहभर की शासकीय सूची से अवगत करवाएंगे मुख्यमंत्री विधानसभा के शीतकालीन सत्र पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार के कार्यकाल के दो वर्ष पूरे होने जा रहे हैं और विपक्ष के पास कोई भी बड़ा मुद्दा नहीं है जिसके आधार पर सरकार पर कोई आरोप लगाया जा सके मुख्यमंत्री ने कहा कि वे विपक्ष को जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं मुकेश अग्निहोत्री इस बीच नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने सत्र को छोटा बताया है

उन्होंने कहा कि सरकार को पास काफी मुद्दे खड़े हो गए हैं लेकिन उनके पास उन मुद्दों के लिए समय ही नहीं है मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट भ्रष्टाचार बढ़ती प्याज की कीमतें हों या घटिया स्कूल की वर्दी का मामला उनके पास काफी मुद्दे हैं जिन्हें वो इस सत्र के दौरान उठाएंगे न्यायिक सेवा हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से कानून में पीएचडी कर रही दिव्यांग प्रियंका ठाक्र राज्य न्यायिक सेवा के लिए चयनित हुई हैं कुलपति सिकंदर कुमार ने इस उपलब्धि के लिए उन्हें बधाई दी है प्रियंका ठाकुर कांगड़ा ज़िले की इंदौरा तहसील के वडाला गांव से संबंध रखती हैं पैंशन प्रदेश न्यू पैंशन स्कीम एसोसिएशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सौरम वैद्य ने राज्य सरकार से प्रानी पैंशन स्कीम संबंधी अधिसूचना लागू करने की मांग की है उन्होंने कल जसवां परागपुर विधानसभा क्षेत्र के कलोहा में उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर से भेंट कर इस संबंध में चर्चा की मौसम पश्चिमी विक्षोभ के एक बार फिर सकिय होने से प्रदेश में कल से मौसम अपने तेवर बदलेगा आज राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बादल छाए हुए हैं जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई है मौसम विभाग ने आगामी दो से तीन दिनों तक प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में वर्षा जबकि ऊचें क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना जताई है अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने विधानसभा शीतकालीन सत्र से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है अमर उजाला की सुर्खी है शीत सत्र आज से हंगामे के आसार

दिव्य हिमाचल के अनुसार तपोवन में आज से तपेगी विधानसभा हिमाचल दस्तक के मुताबिक शीत सत्र आज से शोकोद्गार के बावजूद हंगामें के आसार दैनिक सवेरा टाइम्स लिखता है शीतकालीन सत्र में मुद्दों की गर्मी से तपेगा तपोवन आपका फैसला का कहना है विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से तपोवन में विपक्ष के हंगामे की संभावना मंडी में जरूर बनेगा इंटरनेशनल एयरपोर्ट शीर्षक से दैनिक भास्कर लिखता है सीएम जयराम ठाकुर बोले बल्ह में नहीं बना तो द्रंग में बनाएंगे एयरपोर्ट दिव्य हिमाचल के शब्द हैं मंडी में ही बनेगा बड़ा हवाई अड़डा अमर उजाला के अनुसार नेरचौक में हवाई अड्डे के निर्माण पर संकट के बादल ज्यादा लागत तकनीकी कारणों से शिफ्ट हो सकता है द्रंग सीएम ने दिए संकेत पंजाब केसरी की एक खबर है एनजीटी ने दी दूषित नदी नालों का पानी साफ करने की हिदायत सात नदियों के लिए एक्शन प्लान मंजूर खत्म होगा योल छावनी क्षेत्र शीर्षक से हिमाचल दस्तक लिखत है रक्षा मंत्रालय राज्य सरकार के प्रस्ताव पर राजी मौसम पर दैनिक सवेरा टाइम्स की सुर्खी है सूबे में पांच दिन खराब रहेगा मौसम बर्फबारी के आसार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

नमस्कार